उन्होंने पीएम जेएवाई और आयुषमान भारत स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज का भी शुभारंभ किया नई दिल्ली में आरोग्य मंथन के दीक्षांत समारोह के दौरान श्री मोदी ने आयुष्मान भारत के चुनिंदा लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की आयुष्मान भारत के एक साल पूरा होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की संकल्प शक्ति ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम सफलता के साथ चल रही है श्री मोदी ने कहा कि देश के छियालीस लाख गरीब लोगों में बीमारी की निराशा से स्वस्थ होने की आशा जगाना बहुत बड़ी सिद्धि है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एक वर्ष में किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या कई अन्य सामान बिकने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू सेना और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की बैठक के दौरान मुख्य रुप से कानून और व्यवस्था के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा से जुड़े ब्रनियादी ढ़ांचे की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि आम नागरिकों खासकर बार्डर एरिया रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना दिखनी चाहिए और इसके लिए सुरक्षा बलों की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण है डॉ मिश्रा ने सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच परस्पर सहयोग और विश्वास बढ़ाने के लिए जरुरी और कारगर योजनायें शुरु किए जाने पर जोर दिया बैठक में पूर्वी एयर कमान के एयर मार्शल आर डी माथुर मुख्य सचिव नरेश कुमार लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और डीजी पुलिस आर पी उपाध्याय भी उपस्थित थे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के त्वरित विकास के लिए राज्य के लिए अलग आईएएस आईपीएस और आईएफएस कैडर बनाने की मांग को दोहराहा है राजधानी क्षेत्र के जोलोंग में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कम समय के लिए दिल्ली से प्रशासनिक अधिकारियों की राज्य में तैनाती से राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी राज्य की स्थिति के बारे में समझते है उनका तबादला हो जाता है राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अलग सिविल सर्विस कैडर के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्क डिपार्टमेंट में किसी तरह का कमिशन सिस्टम नहीं है और यदि कोई विभाग ठेकेदार का बिल जारी करते समय में कटौती करता है तो वे इसकी शिकायत करे श्री खांडू ने प्रदेश के लोगों से भी इस बारे में जानकारी देने की अपील करते हुए कहआ कि सरकार गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी अपने संबोधन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गाव ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य समाज के वर्गों के उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद करना है

ईटानर पुलिस मुख्यालय में कल से इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ने काम करना शुरु कर दिया है सोमवार को ईटानगर में आईजी पुलिस एस पी हूडा ने इस प्रणाली का उधाटन किया इस सिस्टम के जरिए लोग पुलिस सहायता हेतु हेल्प लाइन नम्बर एक सौ बारह पर सीधे डायल कर सकते है

अरुणाचल प्रदेश में ये सेवा पायलट प्रोजेक्ट के रुप में पापुम पारे के शहरी ग्रामीण क्षेत्र और ईस्ट सियांग जिले में शुरु की गई है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम परियोजना केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्भया फंड के अंतर्गत लांच की गई है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया प्रदेश के इस महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान में स्वच्छता बनाए रखने के लिए चिकिस्तकों स्वास्थ्यकर्मियों और अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों से योगदान करने की अपील की राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक संस्थान गांव या नगरीय सभी क्षेत्र में प्ररी तरह से स्वच्छता बनाए रखने में जनभागीदारी भी बहुत जरूरी है चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक में राज्यपाल ने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने को कहा राज्यपाल ने ट्रीम्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए ट्रीम्स के एमबीबीएस के छात्रों से समाज के वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा जरूरतों पर विशेष ध्यान देने को कहा आज राज्य में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाये गए केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जोगिंग करते हुए मार्ग में पड़े हुए कुड़े को उठाना एक क्रांतिकारी पहल है उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक साव पचासवीं जयंती पर श्रु हो रहे इस अभियान में लोगों में शामिल होने और स्वस्थ और स्वच्छ भारत के बापू के सपने को साकार करने की अपील की